विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है

उन्होंने कहा कि देश के नागरिक के रूप में मुसलमानों को प्राप्त अधिकार उन्हें मिलते रहेंगे राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यह कानून एक समुदाय विशेष के खिलाफ है जो सच नहीं है श्री शाह ने मुसलमान समुदाय को आश्वस्त किया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और इस विधेयक में कुछ भी उनके खिलाफ नहीं है गृहमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की आशंकाएं दूर करते हुए कहा कि इससे उनके हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार पूर्वोत्तर के लोगों की सांस्कृतिक सामाजिक और भाषायी पहचान बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है अमित शाह ने कहा कि इस कानून से पड़ोसी देशों पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे लोगों के जीवन में रोशनी आयेगी भारत में कई दशकों से रह रहे ऐसे लोगों को सभी अधिकार और सुविधाएं दी जायेंगी

उन्होंने कहा कि यह कानून बनने से उन लोगों के जीवन में अस्थिरता खत्म हो जायेगी जो भारत में रह रहे हैं लेकिन उन्हें नागरिकता अधिकार और अन्य सुविधाएं हासिल नहीं हो पाती आज सवेरे नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह कानून इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जायेगा मौसम प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदल रहा है आज कुछ क्षेत्रों में बादल छाये हुए हैं और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है जबकि कल और परसो राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग बागेश्वर और पिथौराढ़ जिलों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी हो सकती है जबकि देहरादून टिहरी नैनीताल चंपावत अल्मोड़ा में भारी बर्फबारी या भारी बारिश होने की संभावना है कुछ क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी से ऊंचाई वाले इलाकों में मार्ग अवरुद्व हो सकता है इसके लिए राज्य सरकार को सड़क निकासी के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है इसके अलावा बर्फबारी से पर्वतीय क्षेत्रों की सड़कों पर फिसलन होने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने यात्रियों और पर्यटकों को अधिकारियों के साथ समन्वय बनाने की सलाह दी है ई कैबिनेट प्रदेश में मंत्रिमण्डल बैठकों का पूरा विवरण कम्प्यूटराइज्ड करने के उद्देश्य से चरणबद्व ढंग से राज्य के मंत्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसी क्रम में आज विधानसभा परिसर में मंत्री मदन कौशिक सुबोध उनियाल और यशपाल आर्य ने प्रशिक्षण लिया ई कैबिनेट ई गवर्नेस की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है ई कैबिनेट का उद्देश्य समयबद्ध ढंग से कार्रवाई करना और पेपरलेस व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के साथ ही संस्थागत मेमोरी को विकसित करना है इसके प्रयोग से जहां पर्यावरण मित्र के माध्यम से कागज की बचत होगी वहीं संस्थागत मेमोरी द्वारा पूर्व की कैबिनेट जानकारी को प्राप्त करना भी आसान होगा

इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पहली बार उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है जो कि सबके लिए एक जिम्मेवारी का विषय है उन्होंने सभी अधिकारियों से देवभूमि की अतिथि देवो भवो की परंपराओं का निर्वहन करने की बात कही उन्होंने सम्मेलन से संबंधित कई विषयों पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे

इस बात की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने एक बैठक में बताया कि डिजीटाईजेशन के अन्तर्गत समस्त सेवायें डिजीटल हो जायेंगी इसके अन्तर्गत बिजली पानी टेलीफोन नगरपालिका के बिल गैस और चिकित्सा विभाग के बिल आदि का भुगतान डिजीटल माध्यम से किया जायेगा इसके लिए विभागों को पी ओ एस मशीनें उपलब्ध करायी जायेंगी जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में विभागों से उनकी आवश्यकतानुसार उनसे प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे और धीरे धीरे इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं का बैंक खाता होना जरूरी है उन्होंने लीड बैंक अधिकारी को सभी लोगों के बैंक खाते सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत निजी संस्थान स्कूल कालेज आदि भी आयेंगे जो डिजीटल माध्यम से सभी लेनदेन करेंगे सड़क सुरक्षा समिति बैठक अल्मोड़ा नगर में लोगों को आवागमन में सुविधा के लिए नए रूटों पर जल्द ई रिक्शा और बाइक टैक्सी का संचालन शुरू किया जायेगा जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आरटीओ को जल्द ही ट्रायल के तौर पर शिखर तिराहे से पांडेखोला तक ई रिक्शा के संचालन के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने बताया कि शहर में बाइक टैक्सी के संचालन की स्वीकृति भी मिल गई है उन्होंने बताया कि बाईक टैक्सी से कोई भी पर्यटक किराया देकर बाईक या टैक्सी से आवागमन कर सकता है आत्मरक्षा शिविर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पौड़ी जिले में बालिकाओं का दस दिवसीय आत्मरक्षा शिविर आयोजित किया गया है इसमें महिला पुलिसकर्मियों द्वारा बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है इस प्रशिक्षण को लेकर बालिकाओं के साथ ही उनके अभिभावक भी उत्साहित हैं वो अपनी बेटियों को शिविर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि बेटियां मजबूत हों और अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें किसी दूसरे पर आश्रित न रहना पड़े हाईकोर्ट मिनी रल नैनीताल हाईकोर्ट ने रामनगर के पास मोहान में स्थापित केंद्र सरकार की मिनी रत्न कम्पनी इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के निजीकरण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की हाईकोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से कम्पनी के निजीकरण की प्रक्रिया में अंतिम निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार केंद्रीय आयुष मंत्रालय और याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर विस्तृत विचार करने को कहा है जब तक इन आपत्तियों पर विचार कर उनका निस्तारण नहीं किया जाता तब तक केंद्रीय वित्त मंत्रालय कम्पनी के निजीकरण पर अंतिम फैसला नहीं ले पायेगा याचिका के मुताबिक आईएमपीसीएल कंपनी शतप्रतिशत शुद्ध लाभ दे रही है

सरकार ने आईएमपीसीएल में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिये प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश के तहत वैश्विक स्तर पर रूचि पत्र आमंत्रित किये हैं

ऑल वेदर रोड चम्पावत जिले में टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड की कटिंग के चलते दो दिन वाहनों के लिये मार्ग परिवर्तित किया गया है चम्पावत जिले के स्वाला के पास खतरनाक हो चुके स्थान के कारण यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान करते हुए रोडवेज की बसों और भारी वाहनों के लिए आज और कल रूट डाइवर्ट रहेगा क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून में असाइन्मेंट बेसिस पर कैजुअल न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर सीएनआरटी तथा एडिटोरियलरिपोर्टिंग हेतु असाइन्मेंट बेसिस पर कैजुअल एडिटररिपोर्टर के लिए एक पैनल बनाया जा रहा है इच्छुक अभ्यर्थी आकाशवाणी देहरादून केंद्र हरिद्वार बाइपास रोड निकट रिस्पना पुल से कार्य दिवस में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं